कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगील के अनुसार श्री गांधी का कल सुबह थानागाजी आने का कार्यक्रम है वे दृष्कर्म पीडिता और उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे

गौरतलब है कि दौसा रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली जयपुर रेलवे मार्ग को जाम करने का प्रयास कर रहे आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच कल पथराव और झड़प हुई

इस घटना के बाद जयपुर दिल्ली रेल मार्ग पर कुछ रेलगाड़ियों को आंशिक रूप से आसपास के स्टेशनों पर रोका गया इससे पहले भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीना राजेन्द्र राठौड़ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में अपने समर्थकों के साथ दौसा में रैली की और दुष्कर्म के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के रवैये की भी आलोचना करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थानागाजी दृष्कर्म प्रकरण की जांच के लिए नियुक्त जयपुर के संभागीय आयुक्त के सी वर्मा कल सनवाई करेंगे श्री वर्मा ने बताया कि इस प्रकरण के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति या संस्था सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक अपनी बात रखने के लिए आ सकते हैं

राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता विभिन्न स्थानों पर रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बिहार में पालीगंज झारखंड में देवघर तथा पश्चिम बंगाल में हसनाबाद और डायमंड हार्बर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मध्य प्रदेश में धार और अलीराजपुर में चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पंजाब के फरीदकोट और लुधियाना में चुनाव प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा आज वाराणसी में पार्टी प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में रोड शो करेंगी

वे आज नई दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे

आयोग ने आईएएनएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इकोनॉमिक टाइम्स और स्वराज मास मीडिया से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि जनप्रनिधित्व कानून के प्रावधान के उल्लंघन पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए

ओटीएस में हो रहे इस कार्यक्रम में मॉडल मतगणना केन्द्र के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है लोकसभा चुनाव के तहत जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिये मतगणना दलों का प्रथम रेंडमाइजेशन भी आज जिला कलक्ट्रेट में कियाँ जा रहा है

हमारे हनुमानगढ संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में सफेद सोना कहे जाने वाली नरमा कपास की फसल को भी इस बारिश से काफी फायदा होगा

उन्होंने बताया कि परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा

मंडल ने अगले आदेश तक सीईटीपी के संचालन पर रोक लगा दी है लूणी नदी में प्रदूषित पानी प्रवाहित करने के मामले में ये निर्णय दिया गया है

इसके लिए विभिन्न देशों की चार दिवसीय बैठक कल से जैसलमेर में शुरू हुई जिसमें तैयारियों पर चर्चा की गई

भारत पहली बार इन खेलों की मेजबानी करेगा